प्रधानमंत्री मोदी सौर परियोजना को वर्च्अली राष्ट्र को समर्पित करेंगे यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्कृष्ट तालमेल का एक उदाहरण मानी जा रही है

श्री चौहान ने कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में बिना स्वास्थ्य जांच के आए जाए नहीं

फीवर क्लीनिक इन्दौर इंदौर जिले में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का फीवर क्लीनिक के माध्यम से उपचार किया जा रहा है

अधिकृत जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल पौने चार हजार ही सकिय मरीज हैं जिनका ईलाज किया जा रहे हैं

साथ ही कब्जाधारी आदिवासियों की जमीनों के पट्टे यदि अन्य लोगों के नाम पर है तो उन्हें तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करें गौरतलब है कि हरदा जिले के आदिवासियों ने मंत्री श्री पटेल से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया उन्होंने बताया कि जमीनों पर कब्जा आदिवासियों का ही है लेकिन पट्टे किसी और के नाम होने से उन्हें राजस्व संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मंत्री श्री पटेल ने अनुविभागीय अधिकारी हरदा को निर्देश दिये कि आदिवासियों की कब्जे वाली भूमि पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाये इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

ये परिणाम कॉउसिल फॉर इंडियन स्कूरल सर्टिफिकेट इग्जाीमनिशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे

परीक्षा परिणाम एसएमएस के जरिये भी जाने जा सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबद्ध विद्यालय प्रधानाचार्य का लॉग इन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर करियर्स पोर्टल से भी परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मोबाईल ऐप प्रदेश में अब मोबाईल एप की मदद से घर बैठे ईलाज की सुविधा मुहैया होगी इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी ओपीडी एप डाउनलोड करना होगा इए एप के इंस्टाल होने के बाद व्यक्ति डॉक्टर्स ओपीडी का घर बैठे निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त कर सकता है

इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये हैं

एम्स भोपाल द्वारा वहां स्थापित लैब में टेस्ट करने की स्वीकृति दे दी गई है

सवां दो करोड़ रूपये की लागत से होने वाले इस कार्य का कल महापौर वीना जोनवाल ने शुभारंभ किया